छत्तीसगढ विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विशेषाधिकार हनन के मामले को लेकर विपक्ष ने किया वॉकआउट राज्यपाल के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा से पहले अनुपूरक बजट पर चर्चा का विरोध करते हुए विपक्ष का शोर शराबा प्रदेश के बहुचर्चित नान में हुई आर्थिक अनियमितता की जांच के लिए एसआईटी का गठन पुलिस महानिरीक्षक एसआरपी कल्लूरी के नेतृत्व में बारह सदस्यीय टीम करेगी मामले की जांच

केंद्रीय मंत्रिमंडल आरक्षण सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक लोकसभा में आज पेश किया गया केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इससे संबंधित एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विधेयक सदन में पेश किया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल विधेयक पेश किये जाने के फैसले को मंजूरी दी थी सूत्रों ने बताया कि इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सकता है जिनकी सालाना आमदनी आठ लाख रुपये से कम है और उनके पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है यह आरक्षण मौजूदा पचास प्रतिशत आरक्षण के अलावा होगा इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद पंद्रह और सोलह में संशोधन करना होगा इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो को आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इस कदम से सामान्य श्रेणी के निर्धन परिवारों को विकास का उचित अवसर प्राप्त होगा आकाशवाणी समाचार प्रसारण आकाशवाणी समाचारों का प्रसारण अब निजी एफएम चैनल पर भी हो सकेगा केंद्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इसका शुभारंभ किया इस अवसर पर श्री राठौड़ ने कहा है कि आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को निजी एफ एम चैनलों के साथ साझा किया जाना देश के नागरिकों को सूचना के माध्यम से सशक्त बनने की दिशा में एक शानदार पहल है श्री राठौड़ ने निजी एफ एम चैनलों का आकाशवाणी के साथ सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समाचारों के प्रसारण के लिए भी स्थानीय चैनलों के साथ इसी तरह के सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने इस शुरूआत को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारकों के लिए एक शानदार अवसर बताया आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि इससे निजी चैनलों द्वारा समाचारों के प्रसारण की एक पुरानी मांग पूरी हो गई है भारतीय रेडियो ऑपरेटर्स एसोसिएशन की प्रमुख अनुराधा प्रसाद ने भी इस सहयोग को समाचार प्रसारण के क्षेत्र में एक अच्छी शुरूआत बताया है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि भी उपस्थित थे गौरतलब है कि निजी एफएम चैनल इस साल इकतीस मई से आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के समाचार बुलेटिनों का परीक्षण के तौर पर प्रसारण करने लगेंगे इसके अंतर्गत निजी प्रसारकों को हिन्दी और अंग्रेजी बुलेटिनों का ज्यों का त्यों प्रसारण करने की अनुमति होगी विधानसभा समाचार छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विशेषाधिकार हनन के मामले को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया विपक्ष ने राज्यपाल के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा से पहले अनुप्रक बजट पर चर्चा का विरोध करते हए शोर शराबा भी किया आज सदन में अनुपरक बजट पर चर्चा शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया विपक्ष का कहना था कि सदन में गलत परम्परा की शुरूआत हो रही है विपक्ष ने अनुप्रक बजट पर चर्चा रोकने और राज्यपाल के अभिभाषण पर पहले चर्चा की मांग की विपक्ष की आपत्ति के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर नौ दस और ग्यारह जनवरी को चर्चा करने की व्यवस्था दी इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अविभाजित छत्तीसगढ़ में दिवंगत सांसद मोहन भैया और दिवंगत विधायक प्रभुनारायण त्रिपाठी शिवराज सिंह उसारे रामेश्वर प्रसाद कोसरिया और पुष्पेन्द्र बहादुर सिंह को श्रद्वांजलि दी गई अनुप्रक बजट पर चर्चा शुरू होते ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह बजट जनता को निराश करेगा शून्यकाल में भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक के लोकसभा में पेश किए जाने पर धन्यवाद प्रस्ताव लाने की मांग की इधर शोर शराबे और हंगामे के बीच विपक्ष की ओर से भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने विषेशाधिकार हनन की सुचना दी उन्होंने कहा कि विधानसभा की अधिसुचना जारी होने के बाद कोई भी नई घोषणा नहीं की जा सकती है लेकिन संस्कृति मंत्री ताम्रध्यज साहू ने राजिम कुंभ की जगह पुन्नी मेला होने की घोषणा की थी इस पर आसंदी ने कहा कि विशेषाधिकार हनन की सूचना उनके संज्ञान में है और बाद में इस संबंध में व्यवस्था देने की बात कही जिस पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया

पुलिस महानिरीक्षक एसआरपी कल्लूरी के नेतृत्व में बारह सदस्यीय टीम इस प्ररे मामले की जांच करेगी टीम में पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलेसेला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज खिलाड़ी उनेजा खातून अंसारी उप पुलिस अधीक्षक विश्वास चंद्राकर और अनिल बख्शी के अलावा निरीक्षक एलएस कश्यप बुजेश तिवारी रमाकांत साह मोतीलाल पटेल फरहान कुरैशी विधि विशेषज्ञ के रूप में एचएन चतुर्वेदी को भी समिति में शामिल किया गया है एसआईटी को तीन तथा महीने में जांच पूरा करने का निर्देश दिया गया है गौरतलब है कि नान में आर्थिक अनियमितता का मामला वर्ष दो हजार पंद्रह में सामने आया था इस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने नागरिक आपूर्ति निगम के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की इस छापेमारी में करोड़ों रुपये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हार्ड डिस्क और डायरी भी जब्त की गई थी विस चुनाव खर्च ब्यौरा प्रदेश में हाल ही में संपन्न हए विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा आगामी दस जनवरी तक जिला निर्वाँचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं आधिकारिक जानकारी के अनुसार किसी प्रत्याशी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करने में कठिनाई हो रही हो तो सहायक व्यय प्रेक्षक और लेखा टीम के सदस्यों की वे मदद ले सकते हैं गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा अट्ठाईस लाख रूपये निर्धारित की है श्रमिक संघ संशोधन विधेयक श्रमिक संघ संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस आज लोकसभा में पेश किया गया विधेयक का उद्देश्य मजदूर संघों की मान्यता के प्रावधान के लिए श्रमिक संघ अधिनियम उन्नीस सौ छब्बीस में संशोधन करना है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि अब तक श्रमिक संघों की मान्यता के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है ये विधेयक इस मुद्दे का समाधान करेगा माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के मुताबिक जिले की अरनपुर थाने की पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान बर्रेम के जंगल में माओवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर इन माओवादियों को गिरफ्तार किया बताया जाता है कि ये तीनों नीलावाया में हुए माओवादी हमले में शामिल थे इस हमले में डीडी न्यूज के एक कैमरामैन सहित तीन पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे झीरम हाईकोर्ट बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए माओवादी हमले के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और तत्कालीन गृहमंत्री सहित अन्य को गवाही में बुलाने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रस्तुत आवेदन को आयोग ने खारिज कर दिया है गौरतलब है कि राज्य सरकार ने झीरम घाटी हमले की जांच के लिए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया है

कल से आयोजित होने वाले इस पांच दिवसीय प्रतियोगिता में देशभर से ढ़ाई हजार से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे रायपुर के कोटा स्टेडियम में होने वाले आयोजन में क्रिकेट हॉकी फुटबॉल वालीबॉल बास्केटबॉल कबड्डी सहित अन्य खेलों को शामिल किया गया है प्रतियोगिता का समापन तेरह जनवरी को होगा रणजी ट्रॉफी छत्तीसगढ़ और मुंबई के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा में मुंबई को मैच जीतने के लिए केवल चौदह रनों की जरूरत है आज का खेल समाप्त होने तक मुंबई ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के सतहत्तर रन बना लिए हैं इससे पहले मुंबई की टीम एक सौ अठासी रन बनाकर ऑलआउट हो गई वहीं छत्तीसगढ़ की टीम अपनी दूसरी पारी में भी केवल एक सौ उनचास रन बना सकी इंक्यानवे रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम ने बिना किसी नुकसान के सतहत्तर रन बना लिए हैं

केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आव्हान पर आज बारह सुत्रीय मांगों को लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र के सात प्रवेश द्वारों में सीटू एटक और इंटक ने प्रदर्शन किया